पूरे देश सहित प्रदेशभर में आज गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्वा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है

श्रीमती मंडावी ने आज दंतेवाड़ा कलेक्टोरेट पहुंचकर नामांकन पत्र जमा किया इस दौरान भाजपा के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे वहीं उप चुनाव के लिए कांग्रेस ने देवती कर्मा छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने सुमित कर्मा सीपीआई ने भीमसेन मंडावी और बहजन समाज पार्टी ने केशव नेताम को अपना उम्मीदवार बनाया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के मुताबिक परसों चार सितंबर को दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं पांच सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी वहीं सात सितंबर को दोपहर तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे तेईस सितंबर को सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा नगरीय निकाय चुनाव राज्य में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने सुधारने और हटाने के संबंध में लोगों से दावा आपत्ति छह से सोलह सितंबर तक ली जाएगी इसी तरह पंचायत चुनाव के लिये सत्ताईस सितम्बर से पांच अक्ट्रबर के बीच दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने बताया कि इस अवधि में प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर द्वारा तय किए गए स्थान पर उपस्थित रहकर लोगों से दावे आपत्ति प्राप्त करेंगे उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपना नाम अपने वार्ड की मतदाता सूची में अवश्य जांच लें और किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसमें सुधार करा लें उन्होंने कहा कि यदि कोई नागरिक यह पाता है कि निर्वाचक नामावली में उसका नाम दर्ज नहीं है या दूसरे वार्ड में दर्ज है तो वह अपना नाम ठीक स्थान पर दर्ज करा सकता है झीरम घाटी सुनवाई झीरम घाटी हमले की एसआईटी के जरिये दोबारा जांच की मांग को लेकर बिलासपुर उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केन्द्र सरकार एनआईए और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है यह याचिका विवेक बाजपेयी और दौलत रोहड़ा ने दायर की थी मुख्य न्यायाधीश पीआर मेनन की खंडपीठ में इस मामले की अगली सुनवाई अब चौबीस सितंबर को होगी याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में एनआईए की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एनआईए अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम कर रहा है उनका कहना है कि एनआईए ने न्यायालय में जो चार्जशीट पेश की है उसमें बड़े माओवादी नेताओं के नाम शामिल नहीं है गौरतलब है कि पच्चीस मई दो हजार तेरह को हुए झीरम घाटी हमले में तीस से अधिक लोगों की माओवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी इस संबंध में तत्कालीन राज्य सरकार ने वर्ष दो हजार सोलह में सीबीआई जांच की मांग की थी जिससे केन्द्र सरकार ने इंकार कर दिया था

इनके पास से पचास डेटोनेटर बरामद किए गए हैं मिली जानकारी के अनुसार ये सभी आंध्रप्रदेश से एक बस में सवार होकर कटेकल्याण जा रहे थे इसी दौरान पुलिस ने पूछताछ के बाद माओवादियों से संबंध होने के संदेह के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया इसी जिले के बारसूर इलाके में पुलिस ने दो जनमिलिशिया सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने सातधारा जाने वाले इलाके में घेराबंदी कर इन्हें पकड़ा गिरफ्तार माओवादियों के पास से बैनर पोस्टर के साथ दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है वहीं बीजापुर जिले के कुटरू थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक लाख रूपये के एक इनामी वारंटी माओवादी को गिरफ्तार किया है भिलाई नोटिस भिलाई इस्पात संयंत्र में करीब उन्नीस साल पहले फर्जी अंकसूची के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति देने के मामले में एक निजी इस्पात संयंत्र के संचालक और भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी सहित अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है उन्हें चौबीस सितंबर को न्यायालय चार में पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है गणेश चतुर्थी पूरे देश सहित प्रदेशभर में आज गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है बुद्धि विवेक और सौभाग्य समृद्धि के प्रतीक गणपति का दस दिन का उत्सव आज से शुरु होकर चतुर्दशी पर सम्पन्न होता है प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में घरों और सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणेश की आकर्षक मूर्तियां स्थापित की गई हैं जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ गणेश प्रतिमाओं को पूजा पंडालों तक ले जाया गया राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणेश उत्सव के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा है कि गणेश उत्सव हमारी सामाजिक समरसता का अच्छा उदाहरण है चक्रधर समारोह रायगढ़ में आज से पैंतीसवां चक्रधर समारोह शुरू हो रहा है यह समारोह रायगढ़ के महान संगीतज्ञ राजा चक्रधर सिंह की स्मृति में मनाया जाता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब से कुछ देर में इस समारोह का शुभारंभ करेंगे

सिंहदेव अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन रेडियो डायग्नोसिस रेडियोग्राफी डायलिसिस और ऑपरेशन थियेटर कक्ष का लोकार्पण किया यहां पर पांच करोड़ रूपये की लागत से एक सौ अटठाईस स्लाइस क्षमता की सिटी स्कैन मशीन स्थापित की गई है इस अवसर पर श्री सिंहदेव ने कहा कि अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन लगने से सरगुजा संभाग के लोगों को अब जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कम खर्च में ही उनका इलाज संभव हो पाएगा उन्होंने कहा कि बेहतर इलाज कराना सरकार की प्राथमिकता है अब प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में सिटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी उन्होंने जिला चिकित्सालय अंबिकापुर के महिला वार्ड में पांच लाख रूपये की लागत से शेड लगाने की घोषणा की मुख्यमंत्री हाट बाजार कबीरधाम जिले के आदिवासी बैगा बहुल बोडला पंडरिया कवर्धा और सहसपुर लोहारा की सभी ग्राम पंचायतों के हाट बाजारों में कल स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया इन शिविरों में पहुंचकर ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया इन ग्रामीणों को निःशुल्क दवाइयां दी गईं कलेक्टर अवनीश शरण ने बताया कि पूर्व से चिन्हांकित हाट बाजारों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं यहां पर गर्भवती माताओं का पंजीयन टीटी का टीका और आयरन की गोलियों का वितरण किया जा रहा है इसके साथ ही शिविर में नवजात शिशुओं को भी सभी प्रकार के टीके लगाए जा रहे हैं मौसम और अब पेश है मौसम का हाल मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है वहीं क्छ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं इधर जांजगीर चांपा जिले में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है आंधी तूफान के कारण शहर के कई इलाकों में पेड़ गिरने और खंभे उखड़ने के कारण बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है टेमरगांव में पिछले दो दिनों से बिजली नहीं होने के कारण ग्रामीण परेशान है

इसके तहत राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में दस दिनों तक जिक्रे शोहदाय करबला का आयोजन किया जाएगा निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में रिच याचिका दायर कर अपने सभी मामलों को सीबीआई को सोंपने की मांग की है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है मुंगेली जिले के जरहा गांव में बीती रात दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई आपसी भिडंत में दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया उन्नीसवीं राज्य स्तरीय शोलय क्रीडा प्रतियोगिता आज से महासमुंद में शुरू हुई तीन दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेशभर के एक हजार से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं